मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने दो दिवसीय चंबा जिले के दौरे के दूसरे दिन आज चंबा व डलहौजी विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रूपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए बाद में चंबा में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ा है और चार जून से प्रदेश में हैलीटैक्सी की शुरूआत की जाएगी उन्होंने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री का चौपर सप्ताह में दो दिन हैलीटैक्सी सेवा के लिए उपयोग में लाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि वैष्णो देवी की तर्ज पर मनाली से रोहतांग तक हैली टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में आगजनी की घटनाए बढ़ी हैं और भविष्य में सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष योजना तैयार करेगी

उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस जल संकट से निजात मिलेगी उन्होंने सलूणी में एक जनसभा में चंबा जिला जोत कैंथली बीट में आग बुझाते मारे गए डिप्टी रेंजर अशोक कुमार के परिवार को चार लाख देने की घोषणा की इस दौरान जयराम ठाकुर ने चंबा में जनसमस्याएं भी सुन्नीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर सांसद शांता कुमार विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और चंबा जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक इस मौके मौजूद रहे जयराम बैठक इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा से वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से शिमला शहर के लिए जलापूर्ति की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने पानी वितरण के लिए तय समय सारिणी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए जयराम ठाकुर ने कहा कि समय सारिणी के अनुसार जिन क्षेत्रों में आज पानी नहीं पहुंच पाया वहां टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाए इस मौके सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि चिन्हित स्थानों पर हैंडपम्प लगाने के निर्देश दे दिए हैं

पालमपुर क्षेत्र के गढ़जमूला स्थित आईटीआई वार्षिक समारोह में उन्होंने ये जानकारी दी विपिन परमार ने कहा कि बेरोजगार युवाओं में उद्यमशीलता की भावना पैदा करने की जरूरत है ताकि उन्हें अपना उद्योग लगाने में आत्म विश्वास मिले उन्होंने कहा कि सुलह निर्वाचन क्षेत्र में मॉड्रन आईटीआई स्थापित की जाएगी

वनमंत्री प्रदेश भर में जंगलों की आग बुझाने के लिए आज से वायु सेना के हैलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है वन मंत्री गोबिंद सिंह ने बताया कि डलहौजी व नूरपुर वन मंडलों में हैलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही थी मगर इससे पहले वन विभाग के कर्मचारियों व स्थानीय लोगों के प्रयासों और वर्षा के कारण आग पर काबू पा लिया गया गोबिंद ठाकुर ने कहा कि सहारनपुर व पठानकोट स्टेशन पर वायु सेना के हैलीकॉप्टर तैयार हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सेवाएं ली जाएंगी इस बीच उन्होंने प्रदेश के सभी पंचायतीराज संस्थाओं से वनों की आग से सुरक्षा और इस कार्य में वन विभाग का सहयोग करने की अपील की है बिकम सिंह उद्योग मंत्री विक्रम ठाक्र ने कहा है कि पावंटा साहिब के उद्यमियों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए केंद्र सरकार के साथ मामला प्रभावी ढंग से उठाया गया है पावंटा साहिब में आज हिमाचल चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही विक्रम ठाकुर ने कहा कि पावंटा में अतिरिक्त दवा नियंत्रक का पद जल्द भरा जाएगा ताकि सिरमौर जिले में कार्यरत फार्मा औद्योगिक इकाईयों को दस्तावेजों के सत्यापन व अन्य कार्यों के लिए बददी न जाना पड़े इस मौके पावंटा के विधायक सुखराम चौधरी और पच्छाद के विधायक सुरेश कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घरेलू कामगारों को पंजीकृत न करने वाले राज्यों को अनुदान नहीं देने का निर्देश दिया है

जिले की जखेड़ा पंचायत में पशु औषाधालय के भवन का भूमि पूजन करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये जानकारी दी वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बीमार व घायल पशुओं को तुरंत चिकित्सा सुविधा देने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी जिससे उनका घर द्वार पर ही उपचार सुनिश्चि होगा

गंभीर रूप से घायलों को शिमला के इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के अनुसार यह हादसा आज सुबह साढे आठ बजे के करीब हुआ और यह बस शिमला से टिक्कर की तरफ जा रही थी परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आईजीएमसी जाकर घायलों का कुशल क्षेम प्रछा और कहा कि घायलों के इलाज पर होने वाला पूरा खर्च परिवहन विभाग निर्वहन करेगा उन्होंने बस दुर्घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए है राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदनाएं जताते हुए घायलों के शीघ स्वास्थ्य लाभ की कामना की है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक विकमादित्य सिंह और पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया बुरागटा इस बीच जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेन्द्र बरागटा ने गजेहड़ी बस दुर्घटना के घायल व्यक्तियों का ठियोग व आईजीएमसी जाकर हालचाल पूछा घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकार चार चार लाख रूपए की राहत राशि प्रदान करेगी जबकि घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार वहन करेगी बरागटा ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर रोहडू ठियोग व चौपाल इलाकों के लिए ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की मांग की है बरागटा ने कहा कि इन क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं के समय तुरंत इलाज न मिलने पर सैकडों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में मैडिकल कॉलेज की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपीनड्डा का आभार जताया है एक बयान में उन्होंने कहा है कि इस कॉलेज के खलने से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अलावा कांगड़ा जिले के भी कुछ इलाकों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए मिलेंगी इस बीच अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर जिले के झंडुता में सांसद मोबाईल स्वास्थ्य सेवा अस्पताल की शुरूआत की इस मौके पर उन्होंने कहा कि योजना का उददेश्य लोगों को घर द्वार पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना है

मोबाईल वैन ने आज पहले दिन ही झंडुता में करीब डेढ़ सौ लोगों की जांच की धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी हमीरपुर मैडिकल कॉलेज को स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त किया है उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने इसी महीने हमीरपुर मैडिकल कॉलेज के शिलान्यास की सहमति दी है धूमल ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को कई सौगातें दी है मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बाद दोपहर तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत भिली है चंबा कुल्लू कांगड़ा हमीरपुर उना और सोलन में अंधड़ के साथ बारिश हुई उना से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि शाम के समय धूल भरी आंधी और बारिश होने से भीष्ण गर्मी का प्रकोप कम हुआ है

राजधानी शिमला व आस पास के इलाकों में शाम चार बजे के बाद दिन में ही अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई इस बारिश से जहां सैलानियों व स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी वहीं शिमला शहर में गहराए पेयजल संकट के सुधरने की भी उम्मीद है ये बारिश खरीफ फसल के लिए भी फायदेमंद रहेगी